संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है

बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद तथा आनन्द शर्मा तृणमूल काग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन राष्टवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने भाग लिया इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी नेता रामविलास पासवान समाजवादी पार्टी नेता राम गापाल यादव और संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल हुए बजट सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा बजट शनिवार को प्रस्तुत किया जायेगा चीन में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अब भारत में भी दिखाई देना शुरू हो गया है भारत में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मरीज की केरल में पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा है कि चीन के वुहान विश्व विद्यालय में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को इस बीमारी से संक्रमित पाया गया है वह हाल ही में चीन से वापस लौटा था और उसे अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है इस छात्र की हालत स्थिर बनी हुई है और उसके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया

उनके भी हमने जो है सैम्पल्स को टेस्ट किया है आइसोलेट किया है वो सभी हमें नेगेटिव मिले हैं इस बीच भारत ने चीन के हुबेइ प्रांत से अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए दो उड़ानों की अनुमति देने का अनुरोध किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पेइचिंग में भारतीय दूतावास आवश्यक प्रबंधन के लिए चीन के अधिकारियों के संपर्क में है

उन्होंने इसकी रोकथाम के कई तरीके भी बताये बाइट सबसे पहला काम हम स्वयं को माक्स लगाएं माक्स लगाने के बाद होम आईसुलीट करें अगर माक्स नहीं भी है तो घर के किसी भी कमरे में अपने आप को आइसुलीट कर लें और हमारे कांटेक्ट को नियंत्रित रखे सिर्फ जरूरी लोगों से ही संपर्क करें साथ ही एक हेल्प लाइन नम्बर जो मिनिस्टरी ने हर जगह दिया हुआ है चाहे आप किसी भी सुद्रर गांव में हों आप हेल्प लाइन से कांटेक्ट करेंगे तो हेल्पलाइन आपको बता देगी कि आपको इस बारे में आगे के क्या काम करना चाहिए आपके पास तुरंत स्वास्थ्य कर्मचारी आएगा और वह आपको एक डजिसनेटेड आईसुलेसन फैसलिटी में सिफ्ट करने के लिए अपने साधन उपलब्ध कराएगा

यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि गांधी जी के इस सच्चे संदेश को अधिक से अधिक लोग अपनायेंगे प्रदेश में भी गांधी जी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मऊ जनपद में इस अवसर पर राष्ट्रीय कृष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जागरूकता पखवाड़े की श्रूआत की गई बदायू में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी क्मार प्रशांत ने शहीद पार्क में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दो मिनट का मौन रख राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर लोगों से अच्छे और विकास कार्यो के लिये शपथ दिलाई गई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

बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के त्यौहार आज देश और प्रदेश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं इस दिन बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर देशवासियों को श्रभकामनाएं दी हैं यह पर्व बसंत के आगमन का प्रतीक है इस अवसर पर लोग विभिन्न पवित्र नदियों में भोर से ही आस्था की डुबकी के बाद पूजन अर्चन कर रहे हैं कई जगह हवन भंडारों का भी आयोजन किया गया प्रयागराज में संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े सबेरे से ही पहुंचना शुरू हो गये थे यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ पवित्र डुबकी लगाई और विवरण हमारे लखनऊ संवाददाता से बसंत पंचमी के मौके पर मथुरा वृन्दावन में आज से चालीस दिनों की होली उत्सव की शुरुआत हो गई भोर में ही भक्तों ने अपने आराध्य कृष्ण के साथ विभिन्न मंदिरों में होली खेली बसंत पंचमी का स्नान माघ मेले का एक प्रमुख स्नान है और इस अवसर पर प्रयागराज में लाखों श्रद्वालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं आज का दिन सरस्वती प्रजा के तौर पर भी मनाया जाता है और राज्य के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ अयोध्या में सरयू तट पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भारी भीड़ लगी रही पीलीभीत मे शारदा नदी के घाटों पर साधु संता और भक्तों ने पूजा अर्चन किया

वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रदेश सरकार ने लाइसेंस धारकों द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये खरीददारों को प्रलोभन देने और मदिरा पान के लिये प्रेरित करते हुए किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं पमुख सचिव आबकारी संजय आर भूस रेड्डी ने बताया कि कई मॉडल शॉप और बार अनुज्ञापनों पर मद्यपान के प्रलोभन और इस बारे में प्रतियोगिता आयोजन करने संबंधी शिकायते प्राप्त हो रही है इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सभी लाइसेंस धारियों को नियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से अन्पालन करने के निर्देश दिये गये हैं इस बारे में नियमों की अवहेलना करने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी स्वतंत्रता संग्राम के महान सपूत शहीद मंगल पाण्डेय की जयन्ती आज उनके बलिया स्थित पैतृक गांव नगवां में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई इस अवसर पर सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया सांसद ने यहां स्थित स्मारक के लिये पच्चीस लाख रूपये देने की घोषणा की

समापन की तैयारियां पूरी कर ली गई है

गंगा की स्वच्छता और निर्मलता पर जागरूकता के लिये प्रचार साहित्य का भी वितरण किया जायेगा कौशाम्बी में गंगा यात्रा का आज भव्य स्वागत किया गया उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से एक और की क्यूयरेटिव याचिका खारिज कर दी है दोषी अक्षय कुमार सिंह ने इस याचिका में अपनी फांसी पर रोक लगाने की मांग की थी